प्रदेश में साढ़े आठ हजार से ज्यादा हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या वहीं पांच हजार से अधिक स्वस्थ्य होकर घर लौटे स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अधिकारियों से कहा बाजार खुलने पर किसी भी स्थिति में न हो सामुदायिक संक्रमण

मंत्रिमंडल निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में ऐसे ऐतिहासिक संशोधन को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य किसानों के लिए नियामक व्यवस्था को उदार बनाना है इस फैसले से किसानों को लाभ होगा और कृषि क्षेत्र में सुधार आएगा मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि इस संशोधन से अनाज तिलहन आलू प्यााज और दालें आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से बाहर हो जाएंगे उन्होंने कहा कि इस फैसले से उत्पादों का बेहतर मूल्य सुनिश्चित हो सकेगा आयुष मंत्रालय के तहत सहायक कार्यालय के रूप में भारतीय औषध और होम्योपैथी के लिए फार्माकोपिया आयोग की स्थापना को भी स्वीकृति दे दी गई है कोरोना प्रदेश प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या साढ़े आठ हजार से ज्यादा हो गई है

जिले में कुल मरीजों में से लगभग ग्यारह सौ मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं उर्ज्जन में भी दो नये मरीजों का पता चला है उधर दस दिन कोरोना मुक्त रहने के बाद आज रायसेन जिले के सलामतपुर के पास कालीखेड़ा गांव में एक मरीज का पता चला है

आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष प्ररा होने के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा प्रदेश में भी कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं आज विभिन्न जिलों में पार्टी पदाधिकारियों द्वारा प्रेसवार्ता के जरिए सरकार द्वारा एक वर्ष में किये गये उपलब्धियों को जनता के सामने प्रस्तुत किया

उधर खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया बड़वानी में क्षेत्रीय सांसद गजेन्द्र सिंह पटेल और पार्टी पदाधिकारियों ने जिला कार्यालय में संवाददाताओं को संबोधित किया उधर सतना में सांसद गणेश सिंह ने पत्रकार वार्ता में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में हासिल उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी रायसेन जिले के सिलवानी में विधायक रामपाल सिंह राजपूत तो भोजपुर विधायक सुरेन्द्र पटवा ने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य प्राप्ति का संकल्प लिया

इंदौर में कोरोना नियंत्रण गतिविधियों का मुआयना कर लौटे अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने इंदौर उज्जैन और भोपाल के वर्तमान हालातों से मंत्री डॉक्टर मिश्रा को अवगत कराया

मौसम अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान निसर्ग का प्रभाव प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर देखने को मिलने लगा है कई स्थानों पर आज दिन में भी बारिश हई है वहीं कई जिलों में कल भी तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है राजधानी भोपाल तथा उसके आसपास के क्षेत्र में आज सुबह से बादल छाए रहने के चलते मौसम में ठंडक बनी रही मौसम विज्ञान केन्द्र भोपाल के वैज्ञानिक अजय शुक्ला ने बताया है कि निसर्ग का प्रभाव सुबह से ही देखने को मिलने लगा था जिसके चलते होशंगाबाद खरगोन और खंडवा के कुछ स्थानों में वर्षा हुयी उन्होंने बताया कि होशंगाबाद जबलपुर भोपाल उज्जैन और सागर संभाग के जिलों में इसका प्रभाव ज्यादा रहेगा जिसके चलते वहां तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है उधर सिवनी जिले में आज कई स्थानों पर बारिश हुई

कोरोना पहल कोरोना आपदा में व्यापार भी प्रभावित हुआ है